प्रधानमंत्री ने कल अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित कहा भारत नई नीतियों के साथ निपट रहा है आतंकवाद से

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ रहा है

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले छह वर्षो में अनोखा मुकाम हासिल किया है देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके इसके लिए देशभर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षो में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में ढाई गुणा बढ़ोतरी की है उन्होंने कहा कि जिस समय नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किफायती नहीं था तब भी भारत ने इस क्षेत्र में पैसा लगाया और इससे लागत घटी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्यावरण के अनुकूल नीतियां आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी होती हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है कल गुजरात के केवडिया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत छब्बीस नवम्बर के आतंकी हमले के घावों को कभी नहीं भूल सकता प्रधानमंत्री ने उस हमले में शहीद सभी लोगों को श्रद्वांजलि दी आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ जुड़ी हुई है

इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी अनेक देशों के लोग मारे गए थे मैं मुंबई हमले में मारे गए समी लोगों को अपनी श्रद्वांजलि अर्पित करता हूं इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे मैं उन्हें भी नमन करता हूं श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे इस अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आयोजन की शुरूआत उन्नीस सौ इक्कीस में की गई थी इस साल इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाया इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर कल राष्ट्रपति भवन से भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के अस्सीवें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर संविधान की उददेशिका का पाठन राष्ट्रपति के सानिध्य में वर्चअल माध्यम से किया उन्होंने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले सभी स्वाधीनता सेनानियों और महापुरूषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की प्रदेश में भी कल संविधान दिवस के अवसर पर विमिन्न शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी शासकीय अधिकारियों द्वारा संविधान दिवस पर शपथ आयोजन के समाचार है केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में राजमार्ग की सोलह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया इन परियोजनाओं पर लगभग सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है इस परियोजना के तहत राज्य में पांच सौ पांच किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया जायेगा जिससे राज्य में बेहतर संपर्क सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से धान की सीधी खरीद करने के लिये गंभीर है उन्होंने कहा कि धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी श्री योगी आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले अब तक डेढ़ गुना धान की खरीद की जा चुकी है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान हर हालत में बहत्तर घंटे के अन्दर कर दिया जाये राज्य में धान खरीद के लिये चार हजार दो सौ केन्द्र स्थापित है मुख्यमंत्री ने धान क्रय प्रक्रिया की गहन मानीटरिंग करने के निर्देश दिये प्रदेश में शादी विवाह समारोह के दौरान सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा लेकिन समारोह के आयोजन के लिये पुलिस या प्रशासन से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी इसके अलावा शादी समारोह में बैंडबाजे की भी अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है गौरतलब है कि नये निर्देशों के अनुसार इन समारोहों में बंद जगहों पर अधिकतम सौ व्यक्तियों की अनुमति निर्धारित की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि इसके लिये पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि कहीं से भी पूलिस द्वारा ऐसे समारोह में दुर्व्यहार की कोई शिकायत न मिले हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सभी विवाह समारोह केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल तथा दिशा निर्देशॉ का कड़ाई से पालन करते हुए आयोजित किये जा सकते हैं विवाह समारोह के लिये निर्घारित लोगों की संख्या में बैंडबाजे वाले या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं मार्न जायेंगे उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना की आड़ में लोगों का उत्पीड़न न हो यह सुनिश्चित किया जाये इसके लिये लोगों को जागरूक किया जाये और कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये

सुशील चन्द तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच पुराने समय से मजबूत संबंध है उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरूद्व फ्रांस भारत का सहयोगी है मुख्यमत्री ने यह बात कल फ्रांस के राजदृत इमैन्युएल लेनैन के साथ शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कही उन्होंने कहा कि प्रदेश में विगत फरवरी माह में आयोजित डिफेंस एक्सपो में फ्रांस की चौबीस कम्पनियों ने भाग लिया था फ्रांस में प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों के लिये बड़ा बाजार उपलब्ध है मुख्यमंत्री ने फ्रांस को प्रदेश में निवेश करने के लिये आमंत्रित करते हए कहा कि यहां निवेश की असीम संभावनाएं मौजूद है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फैलोशिप का भुगतान करने का निर्देश दिया है इसके लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने को कहा गया है उन्होंने विद्यार्थियों की सभी शिकायतों का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया है